अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के प्रवासी व्यक्तियों को भी मई और जून माह में प्रति सदस्य मिलेगा पांच किलो खाद्यान्न छत्तीसगढ़ में बीते चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित सात और मरीजों की प्रष्टि

वित्तमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाए की हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि हमें कडी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक मुल्य श्रृंखला की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेश बढाने के वास्ते नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनिज रक्षा उत्पादन सहित आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा कोयला क्षेत्र में सुधारों की योजना बनाई गई है उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा सरकार कोयले की खुली नीलामी करेगी अब कोई भी कोयला खदान के लिए बोली लगा सकेगा शीघ्र ही पचास खदानों की नीलामी की जाएगी कोयला क्षेत्र के आधारभूत ढांचे पर पचास हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे वित्त मंत्री ने बताया कि हर मंत्रालय में परियोजना विकास इकाई पर काम होगा उन्होंने बताया कि पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तीन हजार से अधिक सेज बनाए जाएंगे औद्योगिक समूह उन्नयन के लिए राज्यों में योजनाएं लागू की जाएंगी

इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम मवेशी टीकाकरण डेयरी क्षेत्र हर्बल खेती मध्यमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए दस हजार करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिये दस हजार करोड़ रुपये की योजना हम ये लेकर आये हैं जो क्लस्टर बेस अप्रोच होगी लगभग दो लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ भिलेगा कोरोना प्रवासी कामगार केन्द्र सरकार ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगारों को घर वापसी के लिए पैदल न चलना पड़े क्योंकि सरकार उनकी यात्रा के लिये बसों के अलावा श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां रोज चला रही है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि लोगों को केन्द्र सरकार की व्यवस्था से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें पैदल चलने की नौबत न आए उन्होंने कहा कि घर लौटने के इच्छुक श्रमिकों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाकर उन्हें बस या रेलगाड़ी मिलने तक भोजन पानी मुहैया कराया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ के ऐसे प्रवासी व्यक्ति ही राशन सामग्री के लिए पात्र होंगे जिनके नाम पर राज्य में कोई राशन कार्ड अब तक जारी न किया गया हो तथा किसी अन्य राशन कार्ड में इनका नाम सदस्य के रूप में दर्ज न हो जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों के माध्यम से पात्र प्रवासी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने कहा गया है पात्र प्रवासी व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए विभागीय वेबसाइट में अलग से लिंक दिया गया है

इनमें से पांच मरीज जांजगीर चांपा जिले से और एक एक मरीज कोरिया तथा बालोद से मिले हैं इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर सड़सठ हो गई है इनमें से अंठावन मरीज स्वस्थ हो चुके हैं फिलहाल प्रदेश में कोरोना संक्रमित नौ मरीजों का इलाज चल रहा है जांजगीर चांपा में जो पांच मरीज मिले हैं उनमें चार पुरूष और एक महिला शामिल हैं ये सभी लोग बीते बारह मई को गूजरात से लौटे थे और उन्हें बम्हनीडीह क्षेत्र के खपरीडीह गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद इन्हें बिलासप्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिला कलेक्टर जेपी पाठक ने बताया कि क्वारेंटाइन सेंटर के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है वहीं कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के हल्दीबाडी में एक कोरोना पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद उसके घर के तीन किलोमीटर क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है कलेक्टर ने बताया कि कोरोना पॉजीटिव चिन्हित व्यक्ति के संपर्क में आए संतावन लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर भेजा गया है इन लोगों की जांच रैपिड टेस्ट से किए जाने के बाद उनके सैंपल एम्स रायपुर भेजे जा रहे हैं इसी तरह बालोद जिले में कोरोना संक्रमित एक और मरीज मिला है यह मरीज हाल ही में महाराष्ट्र से लौटा था जिसे क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था इस बीच महासमुंद जिले में जिन सात लोगों की रिपोर्ट रैपिड टेस्ट में पॉजीटिव पाई गई थी इसके बाद उनका स्वाब सैपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया था उनमें कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है कोरोना श्रमिक वापसी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों में से अब तक चौव्न हजार श्रमिकों को सकृशल छत्तीसगढ लाया जा चुका है शासन प्रशासन द्वारा फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनकी स्वास्थ्य जांच की गई है साथ ही इन श्रमिकों को क्वारेंटाइन सेंटर तक ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है संबंधित गांव में श्रमिकों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा श्रम विमाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक यात्री के स्वास्थ्य की जांच थर्मल स्क्रीनिंग के जरिये की जा रही है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का सैंपल लिया जा रहा है जिन्हें सर्दी खांसी या बुखार की शिकायत है अधिकारियों ने बताया कि देश के इक्कीस राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के श्रभिकों को सक्शल लाने का इंतजाम किया गया है वहीं छत्तीसगढ से होकर अन्य राज्य जाने वाले श्रमिकों को पूरी मदद और सहायता दी जा रही है अन्य राज्यों के श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा भोजन पैकेट सेनिटाईजर और मास्क दिए जा रहे हैं इसके अलावा इन श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए वाहनों का इंतजाम भी किया गया है

मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इन यात्रियों को भेजने और उनकी अगवानी करने वाली संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर विशेष द्रेनों का संचालन किया जा रहा है साथ ही सफर के दौरान सभी श्रमिकों के लिए नाश्ता भोजन और पानी की व्यवस्था रेलवे प्रशासन द्वारा की गई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से गुजरने वाली पचास श्रमिक विशेष ट्रेनों में सवार मजदूरों को विभिन्न स्टेशनों पर लगभग सत्तर हजार से अधिक भोजन और पानी के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं इस बीच नई दिल्ली से बिलासपुर आने वाली राजधानी विशेष ट्रेन के यात्रियों को ई पास की सुविधा दी जा रही है बिलासपुर जिला प्रशासन की इस पहल से अब यात्रियों को स्टेशन पर उतरने के बाद पास के लिए कतार लगाकर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी इसके लिए यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर सीजी कोविड उन्नीस ऐप डाउनलोड करना होगा इधर भाटापारा रेलवे स्टेशन में विशेष ट्रेनों से उतरने वाले श्रमिकों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां और काढ़ा पिलाया जा रहा है इसके लिए आयुष विभाग द्वारा स्टेशन को निकास द्वार पर स्टॉल लगाया गया है इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में अभी तक दूसरे राज्यों से छह हजार से अधिक मजदूर विशेष ट्रेनों द्वारा वापस लौट चुके हैं इन सभी मजदूरों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है जिले में अभी और बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी होने की संभावना है कोरोना रेलवे पार्सल खाद्य सामग्री दवाएं चिकित्सा उपकरण खाद्य तेल आदि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा पार्सल गाड़ियां चलाई जा रही हैं इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चार विशेष पार्सल ट्रेनों का परिचालन पंद्रह मई तक किया गया था जरूरी सामान भेजने वालों की सुविधा और मांग को देखते हुए अब ये गाड़ियां इकतीस मई तक चलाई जाएंगी पार्सल के संबंध में जानकारियाँ हेल्पलाइन नंबर एक तीन आठ पर भी प्राप्त की जा सकती है वहीं भारतीय रेलवे द्वारा माल लदान और परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कार्गो सुविधा यूनिट बनाकर कार्य शुरू किया गया है कार्गो सुविधा यूनिट का कार्य मुख्य रूप से पारंपरिक लदान के अलावा नए लदान की वस्तुओं को चिन्हित कर रेलवे राजस्व में वृद्धि करना है इससे माल लदान और परिवहन को प्रोत्साहन भी मिलेगा कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं धमतरी जिले में अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों और व्यक्तियों को गांव में ही बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा इसके लिए जिले के समी चार विकासखंडों में तीन सौ अंठानवे क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं दुर्ग जिले में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग द्वारा बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट अब रैपिड को स्थान पर ट्रू नॉट प्रणाली से किया जा रहा है यह प्रणाली रैपिड टेस्ट की अपेक्षाकृत ज्यादा विश्वसनीय मानी जा रही है कोरोना सरोज पांडेय भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने आज दूर्ग जिले की ग्राम पंचायत अछौटी चंदखुरी में मनरेगा कार्य में लगे श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना इस दौरान सुश्री पांडेय ने श्रमिकों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार देश के सभी गांव गरीब और मजदूरों की चिंता कर रही है मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की गई है एचआरडी सीबीएसई परीक्षा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियां सोमवार को जारी करेगा इससे पहले ये तिथियां आज शाम को जारी की जानी थी केंद्रीय मंत्री ने एक टवीट में कहा कि सीबीएसई परीक्षा की तिथियों को अंतिम रूप देने से पहले कुछ तकनीकी पहलुओं पर विचार कर रहा है कोरोना ऑनलाइन शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की घर बैठे सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के लिए संचालित पढ़ई तृंहर दुआर वेबपोर्टल में अब आई एम द वन कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर में इस कार्यक्रम की शुरूआत की इसके जरिये स्कली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाएगी बच्चे अपनी रूचि के अनुसार इस वेबपोर्टल के माध्यम से अपनी कला प्रतिभा को भी निखार सकेंगे इसके तहत ऑनलाइन कार्यक्रम में देश को प्रसिद्ध क्रिकेटर वीवीएस लक्षमण फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी किसनगढ़ शैली के चित्रकार पद्मश्री तिलक गीताई योग गुरू श्री प्रतिष्ठा और कोरियोग्राफर सुभित नामदेव के दिशा निर्देशन में स्कूली बच्चे क्रिकेट योग कोरियोग्राफी पेंटिंग और फोटोग्राफी के गुर सीख सकेंगे मख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनों को आदिवासियों की आय और रोजगार का जरिया बनाने की रणनीति पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने आज वन विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पौधरोपण कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही वन विमाग द्वारा इस साल लगभग पांच करोड से अधिक पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन हितग्राहियों को वन अधिकार पटटे दिए जा रहे हैं उन्हें पौधरोपण कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए उन्होंने स्व सहायता समृहों द्वारा ट्री गार्ड के निर्माण को बढावा देने कहा बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस वर्ष तेंदपत्ता संग्रहण के पारिश्रमिक का भुगतान सीधे हितग्राहियों के खाते में किया जाएगा मौसम प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हआ है इसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है जिससे तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के समाचार मिले हैं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम महरूम कला में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यू हो गई वहीं कृषि उपज मण्डी में रखा धान बेमौसम बारिश से भीग गया इधर महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के ग्राम बलौदा में आकाशीय बिजली गिरने की चार मवेशियों की मौत हो गई संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एनसीसी कैडेटों द्वारा लोगों को जागरूक किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है बीजापुर जिले के भैरमगढ़ इलाके में चिहका के पास माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी इसी जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र के मुरकीनार गांव के पास ट्रैक्टर के पलटने से दो ग्रामीणों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए वहीं कोंडागांव जिले में चिखलपुटी के पास दो ट्रकों के बीच हुई भिडंत में दो लोगों की मौत हो गई

रायगढ़ जिले में सारंगढ़ पुलिस ने ग्राम सालर में एक व्यक्ति के यहां से करीब दो लाख रूपये का अवैध गुड़ाखु और डीजल बरामद किया है महासमुंद जिले के रूमेकेल गांव में तेंदूपत्ता तोड़ने गया एक युवक भालू के हमले से घायल हो गया इसी जिले के बागबाहरा के पास घुंचापाली चण्डी मंदिर की पहाड़ी में तेंदुए की उपस्थिति की खबर के बाद आसपास के ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा सतर्क कर दिया गया है